मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में वर्चुअल माध्यम से कहा है कि देश की न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की सकारात्मक और रचनात्मक व्याख्या कर इसे मजबूत किया है और राष्टोय हित को सर्वोपरि रखकर अपने कर्तव्य का पालन किया है बाइट आज हर देशवासी प्ररे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी ज्यूडिशरी ने न्यायपालिका ने संविधान की प्राण वायु की सुरक्षा का अपना दायित्व प्ररी द्रढ़ता से निभाया है हमारी ज्यूडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो निजी स्वतंत्रता का प्रश्ने हो ऐसी परिस्थितियां रही हों जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो ज्यूडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी हैं और निभाया भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का शासन हमेशा से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार रहा है और यही सुशासन का आधार है उन्होंने कहा कि इसी ने हमारे स्वाधीनता सेनानियों को नैतिक संबल प्रदान किया था

उन्होंने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कानून के शासन को प्राथमिकता दो और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी कानून का शासन स्थापित करने का संकल्प व्यक्त किया गया श्रो मोदी ने कहा कि कानून के तहत हर नागरिक को अधिकार प्रदान किए गए हैं और विश्व स्तरीय न्यायिक प्रणाली की स्थापना करना न्यायपालिका तथा सरकार का उत्तरदायित्व है बाइट हमारे संविधान ने न्याय की जो धारणा सामने रखी है न्याय के जो आदर्श भारतीय संस्कारों का हिस्सा रहे हैं वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है इसलिए ये ज्यूडिशरी और सरकार दोनों का ही दायित्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो मिलकर वर्ल्ड क्लास ज्यूडिशियल सिस्टम जस्टिस सिस्टम खड़ा करें हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो आम लोगों को सत्य के लिए संघर्ष करने की शक्ति न्यायपालिका ने ही प्रदान की है प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि उच्चतम न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे अधिक मामलों की सुनवाई की है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ न्यायपालिका के कामकाज को भी आधुनिक बनाया है श्री मोदी ने कहा कोरोना काल के दौरान न्यायपालिका ने भी पूरी जिम्मेदारी निभाई है सिद्वार्थनगर जिले में आज एक कार्यक्रम में हाल में हुए जिला बार एसोसिऐशन के चुनाव में विजयी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार शर्मा ने की इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी एवं जिले के तमाम अधिवक्ता उपस्थित रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद क्मार शर्मा ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को हमेशा गरीबों एवं वंचितों को न्याय सुलभ कराने में प्राथमिकता देनी चाहिये कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में होता है उन्होंने कहा कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का होना हमारे लोकतंत्र की मजबूती को स्पष्ट करता है

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने केन्द्रीय बजट पर आज लखनऊ में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी को संबोधित किया

बजट की सराहना करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया में नया आदर्श प्रस्तुत किया है और आपदा को अवसर में बदलने तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक अच्छा बजट पेश किया और किसी उपभोक्ता पर कोई नया कर नहीं लगाया बजट में प्रस्तुत योजनाओं पर चर्चा करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट के जरिये गांव गरीब किसान महिला मजदूर दलित और शोषित लोगों के हित को महत्व दिया गया है श्री शेखावत ने कहा कि आम बजट में उत्तर प्रदेश को विशेष महत्व दिया गया है अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों में एकलव्य विद्यालय खोले जाने की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश के लखनऊ बिजनौर सोनभद्र और श्रावस्ती में चार नये एकलव्य विद्यालय खोलने का फैसला किया है

केन्द्रीय मंत्री ने कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय को दोगुना करने के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर कुछ लोग किसानों के मन में संदेह पैदा कर रहे हैं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

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर भवेश कुमार सिंह की नियुक्ति का आदेश कल जारी हुआ था उनका कार्यकाल तीन वर्षो के लिये होगा

तीन दिवसीय यह प्रदर्शनी आम जनता के लिये भी खोली गई है इस प्रदर्शनी में प्रदेश के हर जिले के फल सब्जी और फूलों को रखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि जैविक खेती में आपार संभावनाएं मौजूद है उन्होंने कहा कि नये प्रयोगों और कृषि विविधीकरण से किसान अपनी आय में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी कर सकते हैं

उन्होंने कहा कि किसानों को डेढ़ गुना एमएसपी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान भी किसानों की मेहनत में कोई कमी नहीं आई उनकी मेहनत से आज देश और प्रदेश में अनाज का प्रचुर भंडार मौजूद है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान में किसान अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश में एक सौ उन्नीस चीनी मिलों का संचालन किया गया गन्ना किसानों की मेहनत से आज भारत प्रच्रर मात्रा में चीनी का निर्यात कर रहा है प्रदर्शनी में राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा एक स्मारिका का विमोचन किया गया

प्रदेश की बागवानी फसलों की विविधता को एक स्थान पर लोगों को दिखान के उददेश्य से यह प्रदर्शनी प्रति वर्ष आयोजित की जाती है इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से उत्तर रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन राजकीय उद्यान विभाग तथा प्रदेश के विभिन्न अंचलों के किसानों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ फ्रंट लाइन कर्मियों को कोविड का टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है

प्रदेश क अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के कोविड वैक्सीनेशन का प्रथम चरण कल पूरा हो गया है

इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है